विघानसभा राज्य सरकार आरक्षण सीमा को पचास प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है इससे संबंधित प्रस्ताव से सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा में यह जानकारी दी उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्यवासियों को एक सौ यूनिट बिजली मुफ्त देगी इसके लिए ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की बावन करोड़ पचासी लाख से अधिक की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य के पचास हजार परिवारों को पशुधन योजना से जोड़ने और रेशम तथा लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पेन्द्रह लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि मध्याह भोजन योजना के तहत विद्यार्थियों को अब सप्ताह में तीन दिन अंडा मिलेगा श्री सोरेन ने सदन में कहा कि सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी

ये विभाग और संगठन भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं ये तलाशी यह पता लगाने के लिए की गई कि इन कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में अथवा परियोजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है सीबीआई ने इसके लिए भारतीय खाद्य निगम रेलवे बीएसएनएल जीएसटी डाक विभाग सीएसडी गोदाम नॉर्थ कोल फील्ड्स लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सीपीडब्ल्यूडी और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा परिसर की तलाशी ली ये तलाशी रांची और धनबाद समेत शिलांग अगरतला गुवाहाटी इम्फाल आगरा इलाहाबाद अहमदाबाद गांधीनगर गोवा कोयम्बटूर मनाली मुंबई हावड़ा दिल्ली बेंगलुरू हैदराबाद जयपुर विशाखापत्तनम पटना और कोचीन स्थित कार्यालयों में ली गई उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है अदालत ने बर्खास्त किए गए एक प्राथमिक शिक्षक को बहाल करने का आदेश दिया था लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई ऐसे में याचिकाकर्ता ने अवमानना का मुकदमा दर्ज किया था अदालत ने कल सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार उनके आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरतती है इससे अदालत का समय भी बर्बाद होता है अदालत ने सरकार का शपथ पत्र खारिज करते हए शिक्षा सचिव को छब्बीस मार्च को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय में ऑनलाइन उपस्थित होने को कहा है पारा शिक्षक राज्य के लगभग पैंसठ हजार पारा शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में बाइस मार्च को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार अगर फैसला नहीं लेती है तो वे सोलह अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे इधर विधानसभा का घेराव कार्यक्रम के पांचवे और अंतिम दिन कई जिलों से आए हजारों पारा शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की नगर निगम रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी की कल हुई बैठक में वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस के लिए दो हजार चार सौ चौरासी करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया

वहीं निगम को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए शहरी इलाके के सभी घरों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने साफ सफाई के लिए यूजर चार्ज लेने और सभी तरह के व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करेगी निगम के इस बजट को अब बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा इसके बाद नगर विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा

इस साल बीस जनवरी के बाद एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा सौ से ज्यादा हुआ है नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से उनचालीस पूर्वी सिंहभूम से चौबीस बोकारो से दस और रामगढ़ से आठ लोग शामिल हैं इधर पिछले चौबीस घंटे में पचहतर लोगों ने भी कोरोना को मात दी

इनमें से एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ सात लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार पंचान्बे लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है

सताईस मार्च तक तीन चरणों में लगने वाले इस शिविर में साठ वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और कैंसर मधमेह किडनी रोग जैरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित पैंतालीस वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा इधर राज्य में अब तक छह लाख बाइस हजार सात सौ अड़तीस लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं इनमें तीन लाख बिरासी हजार आठ सौ इक्तालीस हेत्थ और फ्रंटलाईन वर्कर्स हैं वहीं साठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दो लाख आठ हजार छह सौ सात और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पैंतालीस साल से ज्यादा उम्र के इकतीस हजार दो सौ नब्बे लोग शामिल हैं दूसरा डोज ले चुके हेत्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स की कुल संख्या दो लाख तीन हजार सात तौ तीन है

इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है

वे आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में चुनावी रैली करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अपने भाषणों में वे भारतीय जनता पार्टी के विकास एजेंडे का उल्लेख करेंगे उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि दोनों राज्य इस च्नाव में एनडीए को च्नना चाहते हैं वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से बजट में प्रावधान के लिये प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की जा रही है कल नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई के ऑनलाइन सत्र में उन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के तीन ठोस उपायों सांस्थानिक ढांचे का निर्माण परिसम्पत्तियों के मौद्रीकरण तथा केन्द्र और राज्य के बजटों में प्रंजीगत व्यय हिस्सेदारी बढ़ाने की चर्चा की उन्होंने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित दोतरफा कार्यनीति अपनाई है

इस परीक्षा में लगभग सात लाख ग्यारह हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनमें एक लाख सताईस हजार से ज्यादा को सफलता मिली है

कक्षा छह में सौ सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का नामांकन शारीरिक जांच के बाद होगा

इन अपराधियों के पास से लूटे गए लाखों के जेवरात फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और स्कूटी भी बरामद कर लिया है और अब अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में सरकार द्वारा की गई कई अहम घोषणाओं से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक प्रभात खबर ने लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने झारखंड में अंठावन दिनों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में एक सौ से ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है दैनिक जागरण ने गुमला में भीड़ द्वारा हत्या के एक आरोपी को पीट पीटकर मार डालने की खबर को पहले पन्ने जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने सामूहिक दुष्कर्म में तीन नाबालिगों को उम्र कैद की सजा मिलने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है